वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में अन्य लोगों के अलावा दिल्ली राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भाग ले रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन मंत्रिमंडल सचिव राजीव गाबा और स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण भी इस बैठक में भाग ले रहे हैं पिछले शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने कोरोना के टीके के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी

कोरोना प्रदेश प्रदेश में बीते पांच दिनों से कोरोना के नये मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है

सब्जी दाम राज्य सरकार ने सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने के लिए नीति बनाने के निर्देश दिए हैं कल मंत्रालय में उद्यानिकी विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सब्जियों के थोक व खुदरा मूल्य में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए इसके लिए अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन कर सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने संबंधी रिपोर्ट तैयार कर दो दिन में प्रस्तुत की जाए स्मार्ट मंडी कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया है कि प्रदेश की मंडियों को स्मार्ट बनाया जाएगा

उन्होंने बताया कि इस संबंध में केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने सहमति प्रदान कर दी है

परीक्षा फीस संबल यो हितग्राही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संबल योजना के हितग्राही शालेय छात्र छात्राओं से मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं में फीस नहीं ली जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि संबल योजना गरीब परिवारों का संपूर्ण सुरक्षा चक्र है यह योजना पूरे देश में एक विशिष्टि योजना मानी गयी है योजना के क्रियान्वयन में आवश्यक धनराशि का प्रावधान किया जाकर सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए योजना में गरीबों अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के सर्वांगीण कल्याण की संभावनाएं है अतः गरीबों को योजना का लाभ प्राथमिकता से मिले

उन्होंने बताया कि नवीन शेड्यूल की पीईबी वेबसाइट के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी एमपीपीईबी की टीम अब परीक्षा वाले दिन अपने कंट्रोल रूम में बैठकर सभी गतिविधियों पर नजर रख सकेगी वहीं विभिन्न कम्प्यूटर पर आधारित परीक्षाओं के संचालन के लिये निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के लिये राष्ट्रीय ख्याति के एक विश्वसनीय सेवा प्रदाता की सेवाएँ ली जाएगी

इस समिति में व्यापारिक संस्थान सामाजिक संस्थाएं और मीडिया से जुड़े लोग शामिल हैं

इस बुलेटिन के अंत मे एक अपील हमेशा ध्यान रखे मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार